प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राजघाट के समीप बने राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र का उद्घाटन किया

राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र का उदघाटन करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आजादी में आज आठ अगस्त की तारीख का बहुत बड़ा योगदान है

अंग्रेज भारत छोड़ों का नारा ऐसे ऐतिहासिक दिवस पर राजघाट के समीप राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र का लोकार्पण अपने आप में बहुत ही प्रासांगिक है उन्होंने कहा कि हम लोग अभियान चला रहे है गन्दगी भारत छोड़ो प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी स्वच्छता में स्वराज का प्रतिबिम्ब देखते थे बाइट प्रज्य बापू स्वच्छता में स्वराजय का प्रतिबिम्ब देखा वह स्वराजय के सपने की पूर्ति का एक मार्ग स्वच्छता को भी मानते थे और मझे संतोष है कि स्वच्छता के प्रति बापू को आग्रह को पूरी तरह समर्पित एक आध्निक स्मारक का नाम राजघाट के साथ भी जुड़ रहा है आज के ऐतिहासिक दिवस पर राजघाट के समीप राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र का लोकार्पण अपने आप में बहत प्रासांगिक है

उन्होंने कहा कि विश्व के लिये गांधी जी से बड़ी प्रेरणा नहीं हो सकती अपने सबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र में सत्याग्रह की प्रेरणा से स्वैच्छागृह की हमारी यात्रा को आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से दर्शाया गया है प्रधानमंत्री ने राजघाट पर स्वच्छता भारत मिशन पर बनी एक शार्ट फिल्म देखी उन्होंने कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के विभिन्न राज्यों से आये छत्तीस छात्रों के साथ चर्चा भी की

हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिले में कोविड की स्थिति की भी समीक्षा की अत्याधुनिक सुविधाओ से लैस ये अस्पताल टाटा ट्रस्ट और बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की मदद से तैयार किया गया है

आठ मंजिला इस अस्पताल में खुद की डायगनोस्टिक लैब और ब्लड बैंक भी है और ये कोविड के मरीजों के लिए नोएडा जैसे शहर में एक प्रीभियर सुविधाओं वाला अस्पताल बन गया है

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ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

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोराना संक्रमण के अड़तालीस सौ नये मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में इस समय छियालीस हजार एक सौ सत्तहतर कोरोना के मामले एक्टिव है राज्य में अब तक उन्सठ हजार आठ सौ तैंतीस मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं

परीक्षा के लिये प्रदेश में चौदह नोडल केन्द्र चार उप नोडल केन्द्र बनाये गये हैं राज्य समन्यवक प्रोफेसर अमिता बाजपेई ने बताया कि परीक्षा दो पालिया में आयोजित की जायेगी पहली पाली सुबह नौ बजे से बारह बजे तक व दूसरी पाली दोपहर दो बजे से पांच बजे तक होगी सभी अभ्यार्थियों को कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिये बनाए गए हर केन्द्र पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है इसमें ऑडिया रिकार्डिंग भी होगी कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों में सैनेटाइजर हैंडवाश आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए कल सभी सार्वजनिक वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केरल के कोझीकोड में कल रात रनवे पर फिसलने से हुई विमान दुर्घटना में मारे गये यात्रियों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने विमान दुर्घटना में घायल हुये यात्रियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है उल्लेखनीय है कि दुबई से केरल के कोझीकोड आ रहे एयर इंडिया का विमान कल रात कारीपुर हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे पर फिसल कर दुर्घटनाग्रस्त हो गया इस दुर्घटना में दो पायलट सहित अट्ठारह लोग मारे गये हैं जबकि एक सौ बासठ लोग घायल हुये हैं

सदन की कर्रवाई के दौरान दो गज की दूरी का पूरा ध्यान रखा जायेगा विधानमंडल की कार्रवाई देखने आने वाले दर्शकों के प्रवेश पर इस बार पाबंदी रहेगी उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने कर्मचारियों को समय से वेतन दिया इसके अतरिक्त पेंशन तथा अन्य सेवा संबंधी कार्यों में कोई कटौती नहीं की

पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि पंचायतों के सरपंच और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को गांवों के समग्र विकास की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए उन्होंने कहा कि पंचायतों के प्रतिनिधियों को शिक्षा स्वास्थ्य और पोषण जैसे विषयों पर कार्य करने की पहल करनी चाहिए ताकि देश का प्रत्येक गांव समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ सके नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आयोजित समारोह में श्री तोमर ने पुरस्कार जीतने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि अन्य पंचायतों को भी पुरस्कार विजेता पंचायतों से प्रेरणा लेनो चाहिए ताकि वे अगले साल पुरस्कार जीत सकें

समाप्त